इस वर्ष के आयोजन में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा इस वर्ष के आयोजन का विषय है इदय के लिए योग इधर प्रदेश में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार इस अवसर पर मौजूद रहेंगे इस दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में योग की विभिन्न क्रियाएं करेंगे राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रेडक्रॉस द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को जन आंदोलन बनाने का आहवान किया है शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय रेडक्रॉस मेले के शुभारंभ अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही राज्यपाल ने लोगों से राज्य रेडक्रॉस में उदारतापूर्वक दान देने का आग्रह किया ताकि वंचित लोगों की सहायता की जा सके आचार्य देवव्रत ने रेडक्रॉस के स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान शुरू करने पर भी बल दिया उन्होंने रेडक्रॉस के सदस्यों से अन्य सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़ने का आग्रह भी किया भाजपा बैठक प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक आज शिमला में सम्पन्न हुई बैठक के दूसरे दिन आज तीन सत्रों का आयोजन किया गया जिनकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की

उन्होंने कहा कि भाजपा का आगामी लक्ष्य उपचुनाव है इसलिए कार्यकर्ताओं को अमी से मेहनत करने की जरूरत है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी बैठक को संबोधित किया

ये बस कुल्लू से गाड़ागुसेणी जा रही थी कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि इस घटना में कुछ यात्री घायल हुए हैं और जिला प्रशासन द्वारा राहत व बचाव कार्य जारी है

लेह बस सेवा देश के सबसे लम्बे दिल्ली केलंग लेह रूट पर पथ परिवहन निगम की बस सेवा आज से शुरू हो गई है केलंग बस अड़डे से एसडीएम अमर नेगी ने बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि प्रदेश सरकार नए राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा उच्च मार्गो की दयनीय हालत से यहां आने वाले पर्यटक व स्थानीय लोग परेशान हैं राठौर ने बरसात के मौसम से पहले सड़कों की दशा सुधारने की सरकार से मांग की है सफाई बैठक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य स्वामी सदानंद महाराज ने आज ऊना में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सफाई कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने आउट सोर्स पर रखे गए सफाई कर्मचारियों को भुगतान चैक या ऑनलाईन पैमेंट के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में करने के अधिकारियों को निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों के खाली पद स्वास्थ्य पदोन्नति नियमितिकरण और न्यूनतम वेतन सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की